मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियों के माध्यम से संबोधित किया

श्री मोदी ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ सतत विकास के लक्ष्य समेत भारत के लंबे जुड़ाव को याद किया उन्होंने कहा कि भारतीय विकास का सिद्धांत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है श्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत की विशाल आबादी के सामाजिक आर्थिक सुधार के संकेतकों में भारत की सफलता का वैश्विक सतत विकास के लक्ष्यों पर उल्लेखनीय प्रभाव पडा है उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अन्य विकासशील देशों को सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की जिला अदालत कोरोना भोपाल के जिला न्यायालय में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाये जाने पर फायलिंग सेक्शन और कम्प्यूटर अनुभाग के सभी कर्मचारियों को पांच दिन के लिए होम क्वारेंटाईन पर भेजा गया है इसके कारण जिला न्यायालय में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हो रही सुनवाई भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि वाट्सऐप वीडियों काल से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित न्यायिक अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता अपना पक्ष रख सकेंगे इसी प्रकार रिमांड के लिए पुलिस द्वारा आरोपी को लाये जाने पर उसे भी वाट्सऐप के माध्यम से ही सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जायेगा सीमा निगरानी निर्देश मध्य प्रदेश मेंगृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाये इसी तरह प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की ट्रेसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं

जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए कल तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा

मंडला जिले में कोरोना के दो नये मामले सामने आये हैं

आत्मनिर्भर बच्चे सागर जिले में किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट स्वाती बजाज और संस्था की अधीक्षिका सुभाषिनी राम के मार्गदर्शन में विधि विवादित को सोशल डिस्टेंश का पालन करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के उद्वेश्य राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस प्रशिक्षण से बच्चे अच्छी गुणवत्ता की आकर्षक राखी बनाना सीख रहे हैं

दिव्यांगजनों के यूनिसर्वल आईडी कार्ड बन जाने से उन्हें पूरे भारत में केन्द्र और प्रदेश सरकारों द्वारा दिये जाने वाले लाभ को प्राप्त करने में आसानी होगी उल्लेखनीय है कि दिव्यांगों को यूनिसर्वल आईडी कार्ड जारी करने का कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है यह केन्द्र सरकार की योजना है जिसका लाभ प्रदेश में भी दिव्यांगजनों को मिल रहा है

आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों

स्कूल शिक्षा समीक्षा स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने विभिन्न विभागीय गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की मंत्री श्री परमार ने स्थानांतरण नीति अतिथि शिक्षकों के वेतन औपचारिकोत्तर शिक्षकों के चयन और पात्रता परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया सहित अन्य विषयों पर विस्तुत चर्चा की इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि वेरिफिकेशन की कार्यवाही कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित की गई है नवीन शिक्षक संवर्ग के ट्रेजरी कोड आबंटन की प्रक्रिया जारी है श्री परमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रभावी प्रयास किये जायें इसके लिये सरकार हर तरह से मदद करेगी कोरोना संकटकाल में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई की भी उपयुक्त मॉनीटरिंग की जाये